टोंक जिला प्रशासन ने उनके दौरे की तैयारियां पूरी कर ली हैं प्रधानमंत्री कल टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे

यह पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार भारत के एक अरब तीस करोड़ लोगों को समर्पित किया है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कट्टरपंथ और आतंकवाद अब वैश्विक रूप ले चुके हैं और ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं श्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ शिष्टमण्डल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ बातों से आगे बढकर सामुहिक कार्रवाई करनी चाहिए

प्रधानमंत्री ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति मून के प्रति कृतज्ञता प्रकर्ट की

दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें स्टार्ट अप के क्षेत्रों में सहयोग सीमा पार से आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों को रोकने तथा प्रसार भारती और कोरियाई प्रसारण व्यवस्था के बीच सहयोग के समझौते शामिल हैं

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दुरदर्शन के समुचे नेटवर्क पर किया जाएगा

श्री प्रभू ने नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये इन परियोजनाओं की शुरूआत की उन्होंने कहा कि सरकार विमानन क्षेत्र के सर्वागीण विकास पर ध्यान दे रही है

बढे हए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों पंचायत समिति जिला परिषद के कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनरों को भी देय होगा

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में जोड़े गए नए नामों के आधार पर मतदाता पहचान पत्र जल्दी ही बना दिए जाएंगे

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली के पुलिस प्रमुख को कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने कहा कि मॉब लिन्चिग की घटनाओं से निपटने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न और हमलों के मामलों की भी निगरानी करेंगे

एक अन्य अभियुक्त किशोर सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अदालत ने उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया

अदालत ने अभियुक्त की गिरफ्तारी वारंट की तामील में ढिलाई बरतने पर पुलिस की कार्यशैली पर गम्भीर टिप्पणी करते हुए बीकानेर के पुलिस अधीक्षक को अलग से पत्र लिखे जाने और इसकी प्रति राज्य के पुलिस महानिर्देशक को भिजवाने का आदेश दिया है

पुलिस महानिदेशक जेल एन आर के रेड्डी ने ये जानकारी दी

श्रीमती राजे ने शहीद के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि कल और परसों प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान ही ये कार्य किया जाएगा श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान में पट्टे और भूखण्ड आवंटन के लिए सभी पात्र व्यक्तियों के नये आवेदन भी लिए जाएंगे उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए आगामी एक और ग्यारह मार्च को ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी

ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी राजस्थान कौषल तथा आजीविका मिषन में सवाई माधोपुर में पदस्थापित है और वह परिवादी से युवाओं को दिए गए कौषल प्रषिक्षण के सत्यापन तथा आंकलन रिपोर्ट की एवज में रिष्वत मांग रहा था

श्रीगंगानगर जिले में जैतसर थाना क्षेत्र में केन्द्रीय राज्य कृषि फार्म परिसर में स्थापित खुले बंदी शिविर से कल एक कैदी फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है

पांच वर्षीय इस समझौते के तहत अब सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित किकेट ग्रउण्ड और आरसीए के नॉर्थ व साउथ ब्लॉक आरसीए के हो गए हैं

आरसीए अध्यक्ष सी पी जोशी ने कहा कि इस बार आईपीएल मैचों में सुरक्षा के साथ ही अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा